प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली निगम कर्मचारी भविष्य निधि की राशि दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड में लगाने के मामले की सी बी आई से जांच कराने की की है सिफारिश केन्द्र सरकार शिल्पकारों और दस्तकारों के हुनर को और निखारने के लिये देश भर में खोलेगी सौ हुनर हब उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ आज हो रहा है सम्पन्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज थाईलैण्ड की राजघानी बैंकाक में सोलहवीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे

श्री मोदी थाईलैण्ड के प्रघानमंत्री इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति और नियामा के स्टेट काउन्सलर के साथ भी द्विपक्षीय बात करेंगे प्रधानमंत्री आदित्य बिड़ला समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि आसियान के साथ मजबूत सम्बंघ भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है थाइलैंड की राजघानी बैंकॉक में कल शाम स्वास्दी पीएम मोदी कार्यक्रम में उन्हॉने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित संक्विान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने का दुनिया भर में स्वागत किया गया है आप सभी इस बात से परिवित हैं कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया है जब निर्णय सही होता है इरादा सही होता है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है और प्रवासी भारतीयों की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक सौ तीस करोड़ भारतीय न्यू इंडिया पहल में भागीदारी निमा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में कड़ी मेहनत की जा रही है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोतर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है और संपर्क सुविघाओं के बेहतर होने से भारत के पूर्वोतर क्षेत्र तथा थाईलैंड के संबघों में और मजदूती आएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और पचास करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है

इतना ही नहीं आज भारत के गरीब से गरीब का किचन धुएं से मुक्त हो रहा है आठ करोड़ घरों को हमने तीन साल से भी कम समय में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो मोदी मोदी के नारे से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था लोग सीटों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए थे यहां न्यू भारत का नजारा था प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करने के पहले यहां के लोगों से भी मुलाकात की

कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेस वे बनाए जाने के बाद करीब साठ हजार वाहन राष्ट्रीय राजघानी के बाहर से गुजर रहे हैं जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई है

प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली निगम कर्मचारी भविष्य निधि की राशि दीवान हाउसिंग फाइन्सेंस लिमिटेड डी एच एफ एल में लगाने के मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है राज्य बिजली निगम के दो अधिकारियों को कल इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया इन दोनों पर भविष्य निधि की चार हजार एक सौ बाईस करोड़ रूपये से अधिक की राशि गैर कानूनी ढंग से डी एच एफ एल पर लगाने का अरोप है इसमें दो हजार दो सौ सड़सठ करोड़ रूपये अनी भी डी एच एफ एल के पास है इस सिलसिले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सी बी आई को जांच सौंपे जाने तक उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच करेगी केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अवास नकवी ने कहा है कि शिल्पकारों और दस्तकारों के हुनर को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तराशने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये अल्पसंख्यक मंत्रालय समी राज्यों में हुनर हब स्थापित करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा एक से दस नकम्बर के बीच आयोजित किये जा रहे हुनर हाट के औपचारिक उदघाटन अवसर पर कल श्री नकवी ने यह बात कही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में र्स दिनों में ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश में अलग अलग स्थानों पर सौ हनर हब स्वीकृत किये हैं इनमें शिल्पकारों दस्तकारों और पारम्परिक खानसानों को बाजार की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देकर उनके हुनर को और निखारा जायेगा श्री नकवी ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केन्द्रों में आयोजित एक दर्जन से ज्यादा हुनर हाट के जरिये ढाई लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार मुहैया कराया गया है जिनमें बड़ी संख्या में महिला कारीगर भी शामिल है प्रयागराज में आयोजित हुनर हाट में देश भर से बड़ी संख्या में शिल्पकार दस्तकार सहित अन्य कलाकार भाग ले रहे हैं

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ये परीक्षाएं भ्रष्टाचार की मेंट चढ़ गयी थीं मुख्यमंत्री ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सिंचाई विमाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए यह बात कही श्री योगी ने नव चयनित पांच सौ चवालीस सहायक अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने पारदर्शी ढंग से इन पदों पर नियुक्तियां कीं उसी प्रकार सभी सहायक अभियंता पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ अपने विमाग में कार्य करें मुख्यमंत्री ने सहायक अभियंताओं को बाढ़ नियंत्रण कर जन धन की हानि को रोकने और प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को समयदद्व ढंग से पूरा करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निमाने का निर्देश दिया रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैम्प पर आतंकी हमले के छह दोषियों में से चार को फांसी की सजा एक को उम्रकैद तथा एक अन्य को दस साल की संग्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं रामपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तृतीय ने दोषियों को सजा सुनाते हुए इस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया सीआरपीएफ कैम्प पर गत इकतीस दिसम्बर दो हजार सात की रात में आतंकी हमला हुआ था इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गये थे और एक रिक्शाचालक की मौत हो गई थी इस हमले में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था यह सभी आरोपी लखनऊ और बरेली के सेन्ट्रल जेल में बंद थे सुर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही सम्पन्न हो रहा है व्रती श्रद्धालओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किए और अपना व्रत पूर्ण किया इससे पहले कल शाम व्रती श्रद्वाल्यों ने डुबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह रहा आज तड़के भारी संख्या में श्रद्वाल नदियों सरोकरो और छठ पर्व के लिए बनाए गये अस्थायी पोखरो के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्र थे जगह जगह छठ पर्व से जुड़े पारम्परित लोक गीत गाए जा रहे थे